मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को दो दो लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की

और राज्य के उत्तरी तथा सीमांचल क्षेत्र में तेज बारिश

महाराष्ट्र में पूर्ण के कोंधवा क्षेत्र में निर्माणाधीन दीवार ढ़हने से चार बच्चों सहित पंद्रह लोगों की मौत हो गयी ये सभी लोग मजदूर परिवारों से थे और बिहार के रहने वाले थे सभी लोग तलब मस्जिद के पास निर्माणाधीन स्थल पर झुग्गियों में रह रहे थे राहत और बचाव कार्य के दौरान तीन लोगों को बचा लिया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की है और पुणे के जिलाधिकारी को हादसे की जांच का निर्देश दिया है मृतकों में बारह लोग कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड के निवासी थे कटिहार की जिलाधिकारी श्रीमती पूनम ने बताया कि दस लोग बघार गांव और एक एक मजदूर महिसाल तथा बलिया बेलोन के रहने वाले थे वहीं तीन मजदूर सीवान सारण और वैशाली जिले के थे इधर राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे में पन्द्रह लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के आश्रितों को दो दो लाख रुपये अनुग्रह सहायता राशि तथा घायलों को पचास पचास हजार रूपये मदद देने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने राज्य के संयुक्त श्रम आयुक्त को पुणे जाने और घायलों के इलाज की निगरानी के निर्देश दिये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनल पर यह कार्यक्रम सुना जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी दरभंगा से मैथिली भाषा में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा यह प्रसारण रात आठ बजे से पुनः मैथिली भाषा में प्रसारित किया जायेगा श्री मोदी के केन्द्र में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का यह पहला संस्करण होगा केन्द्र सरकार अगले वर्ष जून के अंत तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने जा रही है केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस योजना को तेजी से लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से कई सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसे राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं श्री पासवान ने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि दस राज्यों आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा झारखंड कर्नाटक केरल महाराष्ट्र राजस्थान तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही ऐसी व्यवस्था है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि सरकार एईएस यानि संदिग्ध दिमागी बुखार से निपटने के लिये लंबी अवधि की योजना पर काम कर रही है लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संदिग्ध ब्रखार अब नियंत्रण में आ रहा है बच्चों के इलाज के लिये नये वार्ड और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है इधर प्रदेश भर में दिमागी बुखार के मामलों में कमी आयी है कल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गयी जबकि बाईस बच्चों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अस्पताल में एक भी नया बच्चा नहीं आया है वहीं केजरीवाल अस्पताल में दिमागी बुखार से पीड़ित सभी बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है एक जून से अब तक दोनों अस्पतालों में एईएस के छह सौ पांच मरीजों को भर्ती कराया गया जिसमें से तीन सौ चौहत्तर बच्चों को स्वस्थ्य होने के बाद छुट्टी दे दी गयी संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से बच्चों की मौत के विरोध में रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने आज मुजफ्फरपुर में अपने समर्थकों के साथ धरना दिया श्री कुशवाहा ने कहा कि यदि सरकार समय पर स्वास्थ्य के बेहतर इंतजाम करती तो बच्चों की जान बचायी जा सकती थी राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने मगध विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पत्रों के लीक मामले के दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा है कल विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र और गणित विषय के प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद परीक्षा स्थगित करनी पड़ी राज्यपाल ने कुलपति डीपी तिवारी से मामले के हर पहलू की जांच करवाने को कहा है राज्य के उत्तरी क्षेत्रों तथा सीमांचल में आज तेज बारिश हुई पूर्णियां में सबसे ज्यादा लगभग छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है इसके साथ ही दरभंगा में ढ़ाई सेंटीमीटर गया में दो सेंटीमीटर बारिश हुई है सुपौल और अररिया में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई औरंगाबाद जमुई और जहानाबाद में भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है इधर पटना सहित मध्य बिहार के कई इलाकों में तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है पटना और आस पास के क्षेत्रों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है अरवल से हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्याप्त बारिश नहीं होने और नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण खेतों में लगे धान के बिचड़े सूखने लगे हैं पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने भीषण गर्मी के मद्देनजर राजधानी के सभी स्कूलों का संचालन सुबह पौने सात बजे से ग्यारह बजे के बीच करने का निर्देश दिया है

बाढ़ के चर्चित पुटुस यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनीष कुमार सिंह को एसटीएफ ने पटना बाइपास से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधी बाहुबली विधायक अनंत सिंह का खास माना जाता है गिरफ्तार अपराधी पर पचास हजार रुपये का इनाम घोषित था निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में पदस्थापित कनीय अभियंता विद्युत राधेश्याम कुमार को बाईस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव निवासी और शिकायतकर्ता दिनकर कुमार ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज करायी थी कि विद्युत कनेक्शन का रसीद काटने के एवज में अभियंता ने रिश्वत की मांग की थी पटना की महापौर सीता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है पटना नगर निगम के छब्बीस पार्षदों द्वारा महापौर के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर तीन जुलाई को बहस और मतदान होगा रोहतास जिले में पुलिस ने सोन नदी से बालू के ओवर लोडिंग के आरोप में डेहरी ऑन सोन से पचास ट्रकों को जब्त किया है मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत बकटपुर पंचायत की पूर्व मुखिया अनुपमा देवी को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चार शिक्षकों की नियुक्ति मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है वहीं गोपालगंज जिले के हथुआ थाना के चैनपुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जिला और सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार के न्यायालय ने दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इन पर पचास पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत नारायणपुर बहियार में पुलिस ने सुनसान जगह से एक किलोग्राम का बम बरामद किया है पुलिस ने बम को निष्क्रिय कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है शेखप्रा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के एकाढ़ा मध्य विधालय में टोला सेवक की बहाली के मामले में फर्जीवाड़ा करने वाले प्रधानाध्यापक विनोद शर्मा को जेल भेज दिया गया सहरसा मानसी रेलखंड पर आरपीएफ के नेतृत्व में चलाये गये सघन जांच अभियान में पैसेंजर ट्रेन के महिला कोच में अनाधिकृत रूप से यात्रा कर रहे दस यात्रियों को गिरफ्तार कर खगड़िया रेलवे न्यायालय भेजा गया है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक से पुलिस ने एक कार से बारह कार्टन विदेशी शराब बरामद की है

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को दो दो लाख रूपये सहायता राशि देने की घोषणा की

और राज्य के उत्तरी तथा सीमांचल क्षेत्र में तेज बारिश